प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल के अतिरिक्त जवान किये गये तैनात

सिमडेगा में आज तीन नये कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ ही झारखण्ड में संक्रमितों की कुल संख्या एक हजार छह सौ साठ हो गई है राहत की बात यह है कि पिछले करीब दस दिन से संक्रमित व्यक्तियों की तुलना में स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या अधिक रही है राज्य में रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर चौवालीस दशमलव एक सात प्रतिशत हो गई है अभी तक कुल सात सौ छियालीस रोगी इस महामारी से स्वस्थ हो चुके हैं

हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर ए के सिंह ने बताया कि आज चौदह लोग ठीक होकर घर भेजे जा रहे हैं अब इक्कीस लोग हैं जिनका इलाज हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है उन्होंने कहा कि यहां मरीजों के ठीक होने की दर चौरासी प्रतिशत है यह लोगों के बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण है सिमडेगा में आज तीन नये कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की पुष्टि हुई है

पुलिस ने हिंसक भीड़ को काबू में करने के लिए हवा में फायरिंग की और आठ लोगों भीड़ से बचाया ड्मरी के एसडीपीओ नीरज कुमार सिंह ने बताया कि गाँव में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है गिरिडीह एसपी सुरेंदर झा व उपायुक्त राहुल सिन्हा भी घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र झा ने बताया कि गाँव में फ्लैग मार्च किया जा रहा है इक्कीस जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाले माई लाइफ माई योगा ब्लॉगिंग कंपीटिशन के मद्देनजर सिमडेगा जिले में संपर्क अभियान चलाया जा रहा है जिला योग समिति ऑनलाइन और व्यक्तिगत संपर्क करते हुए अपील कर रही है कि इस प्रतियोगिता में जिले से ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हों इधर शहर के पार्को में भी नियमित रूप से प्रतिदिन योगाभ्यास कर लोगों को योगासन की जानकारी दी जा रही है और उन्हें योग से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है

रांची जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है अब तक यहां मिले एक सौ एकसठ मरीजों में से एक सौ उनतीस मरीज स्वस्थ हो चके हैं जबकि छब्बीस मरीजों का उपचार अभी अस्पतालों में चल रहा है

इस सिलसिले में राज्य में और विषेषकर रांची जिले में सघन रूप से मास्क अभियान चलाया जा रहा है

बगैर मास्क और बगैर हेलमेट और सोशल डिस्टेंसिन्ग का पालन नहीं करने के वालों को पुलिस ने रोकना शुरू कर दिया है और थाना में वाहन जमा कराया जा रहा है सरकारी आदेश के अनुसार निर्धारित जुर्माने की रकम चुकाने के बाद ही अब नियम तोड़ने वाले अपने वाहन ले जा सकेंगे पुलिस के अनुसार लॉकडाउन के मद्देनजर देश और राज्य सरकार के आदेश के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी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

श्री पत्रलेख ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी शहजादा अनवर की जीत पक्की है

और दूसरे दलों के विधायकों के साथ बातचीत की जा रही है उन्होंने भैरवा जलाशय के संबंध में कहा कि इसके जीर्णोद्वार के लिए सरकार पूरी तरह से संकल्पित है किसानों को इसका लाभ मिलेगा साथ ही उन्होंने कहा कि साइक्लोन व ओलावृष्टि से जो नुकसान किसानों को हुआ है उन्हें मुआवजा दिलाने का कार्य किया जाएगा साथ ही मुख्यमंत्री किचन दीदी योजना की शुरुआत दोबारा से शुरू करने का निर्देश दिया गया है इसके लिए राशि आवंटित कर दी गई है उधर राज्यसभा प्रत्याशी शहजादा अनवर ने कहा कि जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हूं बोकारो जिले के ओरदाना पंचायत में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम की बागवानी का काम चल रहा है बागवानी के लिए मनरेगा के माध्यम से गड़ढा खोदा जा रहा है इसमें बड़ी संख्या में महिला और प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है रोजगार पाने वाले लाभुक ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें काम मिल रहा है जिससे उन्हें काफी राहत मिली है जमषेदपुर स्थित एक्सएलआरआई ऑडिटोरियम में आज जिला प्रशासन द्वारा सर्विलांस टीम का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया कार्यक्रम में उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला ने टीम के सभी सदस्यों को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी प्रशिक्षण में घाटशिला क्षेत्र के पोटका पटमदा बहरागोड़ा घाटशिला मुसाबनी आदि क्षेत्रों का प्रशिक्षण दिया और दूसरे शिफ्ट में उन्होंने सदर अनुमंडल के क्षेत्रों के प्रखंड में तैनात सर्विलांस टीम को प्रशिक्षण दिया भारतीय मौसम विभाग के अनुसार साहिबगंज और पूर्वी सिंहभूम के रास्ते झारखंड में मॉनसून ने दस्तक दी भारतीय मौसम विभाग के रांची केंद्र निदेषक एसडी कोटाल ने इस वर्ष अच्छी बारिष होने की संभावना जताई है जैसा कि आपको मालूम हो पिछले तीन दिनों से राज्य के कई जिलों में मध्यम दर्जे की बारिष हो रही है इसके साथ ही अगले चौबीस घंटे में पुरे राज्य में मॉनसुन सक्रिय हो जायेगा झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोषन सोसाइटी जेएसएलपीएस से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी निःशुल्क सेनेटाइजर पैक कर अपना योगदान दे रही हैं जेएसएलपीएस के गिरिडीह डीपीएम संजय कुमार गुप्ता का कहना है कि महिलाओं ने तीन लाख मास्क बनाए और एक लाख नब्बे हजार सेनेटाइजर तैयार कर दिया इससे कोरोना के संक्रमण को रोकने में मदद मिली महिलाएं फ्री में सेनेटाइजर पैक करने के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चला रही हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका से एक हजार पांच सौ मजदूरों को लेकर लेह लद्दाख के लिए जाने वाली विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस मौके पर बीआरओ और राज्य के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर यह आष्वासन दिया कि राज्य में एक भी मजद्र को भूख से मरने नहीं दिया जायेगा श्री सोरेन ने झारखंड के श्रमिकों की देषहित में दिये गए योगदान की सराहना करते हुए कहा कि झारखंड सरकार हर कदम पर साथ देगी

श्री महतो ने कहा कि वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को उनकी कार्यक्शलता के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा और उन्हें कार्यक्शलता के आधार पर ही रोजगार से जोड़ा जाएया उन्नीस सौ अड़सठ बैच की भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती सुरिंदर कौर का आज निधन हो गया वे कुछ दिन से बीमार चल रही थीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाई प्रकाशन विभाग तथा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय डीएवीपी की पूर्व प्रमुख श्रीमती कौर आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग तथा पत्र सूचना कार्यालय में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहीं उन्होंने गृह मंत्रालय में निदेशक के रूप में भी कार्य किया